प्रदेश में जगह जगह शोक सभाओं का आयोजन कर शहीदों को श्रद्वांजलि दी जा रही है मुख्यमंत्री ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है राज्य विधानसभा में आज सरस्वती सायकल प्रदाय योजना को लेकर विपक्ष ने सत्तापक्ष को घेरा शिक्षामंत्री के जवाब से असतुंष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया नान घोटाले की एसआईटी जांच को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई अगली सुनवाई एक मार्च को होगी

इसके बाद सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखा और शहीदों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की गई इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने इस आतंकवादी घटना की निंदा की उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई डॉक्टर महंत ने कहा कि आतंकवादी भारत के मजबूत इरादों को डिगा नहीं पाएंगे हमारे जवान बहादुर हैं उनकी बहादुरी पर समूचे भारत को नाज है वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकना बेहद जरूरी है उन्होंने कहा कि पूरा देश पुलवामा की घटना से द्खी है नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आतंकवाद का डटकर मुकाबला करना होगा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जवानों की इतनी बड़ी शहादत बेकार नहीं जाएगी पूरा देश शहीद जवानों के साथ खड़ा है और आतंकवादी घटनाओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी बसपा विधायक केशव चंद्रा ने कहा कि शहीदों के परिजनों को ईश्वर इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने इस घटना को दुखद बताते हुए इस हमले को कायराना बताया शहीद श्रद्धांजलि इसी तरह राज्य में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों सामाजिक संस्थाओं और प्रबुद्वजनों ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है आज राज्य में जगह जगह शोक सभाओं का आयोजन कर शहीदों को श्रद्वांजलि दी जा रही है इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है हम सब शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं और हम सब ऐसी घटना की कड़ी निंदा करते हैं रायपुर दुर्ग और कवर्धा में आज श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया बिलासपुर प्रेस क्लब में भी दो मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई विधानसभा सायकल वितरण राज्य विधानसभा में आज सरस्वती सायकल प्रदाय योजना को लेकर विपक्ष ने हंगामा मचाया इस मामले में शिक्षामंत्री के जवाब से असतुंष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया प्रश्नकाल में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि शैक्षणिक वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में स्कली बालिकाओं को सायकल का आबंटन हो पाया है या नहीं सरकार की ओर से सदन में दिए गए लिखित जवाब में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में स्कूलों में सायकल आवंटन के बारे में जानकारी दी गई इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि यह गंभीर विषय है और विभाग की ओर से गलत जानकारी दी जा रही है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार उन्नीस बीस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है जवाब में विभागीय मंत्री ने इसे टंकण त्रटि बताया लेकिन श्री अग्रवाल ने सरकार की ओर से गलत जानकारी देने का आरोप लगाया श्री अग्रवाल ने स्कूली बालिकाओं को सायकिल मिलने में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए इस बीच आसंदी ने कहा कि प्रश्नकाल में मंत्री से सही उत्तर की अपेक्षा की जाती है

पिछली सरकार में किन कारणों से सायकल वितरण समय पर नहीं हो पाया इसका परीक्षण कराएंगे शिक्षा मंत्री ने बताया कि जल्द ही सायकलों का वितरण किया जाएगा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा के एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि ग्णवत्ताविहीन सायकल की सप्लाई के मामले की जांच कराई जाएगी इस मुद्दे पर स्कूल शिक्षामंत्री और श्री अग्रवाल के बीच वाद विवाद भी हुआ

श्रोता विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा आकाशवाणी रायपूर से आज रात आठ बजकर बीस मिनट पर प्रसारित की जाएगी

निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के मद्देनजर सभी जिलों के नोडल अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रायपुर में आयोजित किया गया इसमें आदर्श आचरण संहिता मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति के अधिकारी शामिल हुए प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर श्रीकांत वर्मा पुलक भट्टाचार्य मनीष मिश्रा और शारदा अग्रवाल ने अधिकारियों को चुनाव से संबंधित विभिन्न तकनीकी और व्यावहारिक पक्षों की बारीकियां बताई

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक की तरफ से दायर याचिका पर चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने सुनवाई की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है मामले की अगली सुनवाई आगामी एक मार्च को होगी अदालत ने कहा है कि एसआईटी जांच के दौरान किसी के भी संवैधानिक अधिकारों का हनन ना हो मुख्यमंत्री कार्यशाला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्तमान समय में फेक न्यूज से केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं है बल्कि पूरा देश और पूरी दुनिया भी प्रभावित तथा चिंतित है यह बात मुख्यमंत्री ने रायपूर स्थित क्शाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान परिदृश्य में फेक न्यूज की चुनौतियां विषय पर आयोजित संगोष्ठी में कही उन्होंने बताया वे सोशल मीडिया से प्राप्त कई समाचारों में से उन्हीं को सही मानते हैं जिसे वे दूसरे दिन समाचार पत्रों में पढ़ लेते हैं उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि पढ़े लिखे नौजवान भी फेक न्यूज से प्रभावित हो रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भ्रामक विज्ञापनों का ही असर था जिसके कारण छत्तीसगढ़ में चिटफंड कम्पनियों ने राज्य के नागरिकों से करोड़ों रूपये की ठगी कर ली मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में साइबर संबंधी नियमों का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है इस विषय पर वे केन्द्र सरकार से चर्चा करेंगे विद्याचरण शुक्ला प्रतिमा अनावरण झीरम घाटी हमले में मारे गए पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विद्याचरण शुक्ल की प्रतिमा रायपुर स्थित नगर निगम गार्डन में स्थापित की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इस प्रतिमा का अनावरण किया इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे मुख्यमंत्री अनियमित कर्मचारी आश्वासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों के लिए जो वायदे किए हैं उन्हें अवश्य पूरा किया जाएगा मुख्यमंत्री ने रायपूर में अनियमित कर्मचारी महासभा को संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि अनियमित कर्मचारियों की मांग प्ररा करने के लिए रास्ता निकाला जाएगा उनकी मांगों पर संवेदनशीलता और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अगले वर्ष कर्मचारियों के हित में कार्य करेगी छत्तीसगढ़ी पैनल आकाशवाणी केंद्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश में छत्तीसगढ़ी समाचार के लिए नैमित्तिक समाचार वाचक सह अनुवादक के पैनल के लिए पूर्व में जारी लिखित परीक्षा के आयोजन की तिथि में अपरिहार्य कारणों से बदलाव किया गया है अब यह परीक्षा सत्रह फरवरी रविवार के बजाए बीस फरवरी बुधवार को होगी यह परीक्षा रायपुर स्थित प्रोफेसर जे एन पांडेय शासकीय बहउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बीस फरवरी को दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक ली जाएगी

इस मौके पर प्रदेश स्थित आकाशवाणी केंद्रों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसी कड़ी में दूर्ग जिले के रिसामा मतवारी गांव में कृषि वैज्ञानिकों ने खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां दीं इस अवसर े पर आकाशवाणी रायपुर के सहायक निदेशक कार्यक्रम एलएल भौर्य और लोक गायिका पदमश्री ममता चंद्राकर भी उपस्थित थीं इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के कोटमीसोनार में भी आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया दुर्घटना सिमगा के पास आज दोपहर एक सड़क द्वर्घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं बताया जाता है कि ये लोग शालेय शिक्षाकर्मी संघ के पदाधिकारी हैं और कार से विधानसभा के शैक्षणिक भ्रमण पर आ रहे थे

घायलों का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है इसी तरह आज रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में हुए एक अन्य सड़क हादसे में चार लोग घायल हो गए हैं दो वाहनों के बीच आमने सामने से भिडंत हो गई जिससे कार में सवार चार लोग जख्मी हो गए घायलों को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है संक्षिप्त समाचार सुशील चन्द्रा ने आज नई दिल्ली में भारत के निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया वे भारतीय राजस्व सेवा के उन्नीस सौ अस्सी बैच के अधिकारी हैं निर्वाचन आयोग में अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के अलावा निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्रा भी हैं राजनांदगांव जिले के परसाही मंडीखोल में सुरक्षा बलों द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में माओवादियों के इस्तेमाल की विभिन्न सामग्रियां बरामद की गई हैं

रायपुर जिले के तिल्दा और आरंग स्थित जनपद पंचायत कार्यालय में अट्ठारह फरवरी को दिव्यांगजनों का विशिष्ट पहचान पत्र यूनिक आईडी बनाया जाएगा